राज्य सरकारों ने बाजार परिसर हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर दुकानें खोलने का फैसला लेना शुरू किया

हरियाणा में आज से रैन बसेरों में रह रहे प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया हरियाणा में आज परशुराम जयंती बनाई जा रही है

कोरोना वायरस तालाबंदी के दौरान गली मुहल्लों में पंजीकृत दुकानों को खोलने की इंजाजत दे दी गई है परंतु नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंतर्गत बाजार परिसर नहीं खुलेंगे कोरोना वायरस होटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों में भी दकानें नहीं खलेंगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शॉपिंग मॉल को छोड कर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दकानों को खोलने की आज्ञा दी गई है सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रेस्तरा ढाबे ब्यूटी पार्लर हजामत की दुकाने बंद रहेंगे शराब की बिकी पर पाबंदी जारी रहेगी

हरियाणा में आज केन्द्र सरकार से इजाजत मिलने के बाद कई जगह किताबों की दुकानें खुल गई हैं दुकानें खुलने के बाद आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नये शैक्षिक सत्र के लिए ऑनलाईन पढाई शुरू हो गई थी लेकिन किताबों की कमी महसुस की जा रही है पंचकूला में आकाशवाणी संवाददाता के साथ बातचीत में एक पुस्तक विकेता अमर गंभीर ने दकाने खुलने की इजाजत मिलने पर राहत महसूस करते हुए कहा कि इससे न केवल वो अपना कारोबार कर सकेंगे बच्चों को भी बढाई में सुविधा होगी उन्होंने खरीददारों के लिए सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य किया है किताबें बेचते समय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का प्री तरह पालन किया जा रहा है लोग मास्क लगाकर किताबें खरीदने के लिए आ रहे हैं और द्वकान पर प्रशासन की हिदायत के अनुसार हाथ सैनेटाईज करने के बाद ही किताबें ग्राहक को दी जा रही है

कोरोना वायरस महामारी के मददेंनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसुचना जारी की है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर कोरोना सहायता योजना के तहत सभी को एक हजार रूपए दिये जाने बारे चल रही खबर को बेब्नियाद बताया है पत्र सुचना कार्यालय ने एक टवीट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यह दावा ज्ञठा है और सोशल मीडिया पर दिया जा रहा लिंक भी फर्जी है पीआईबी ने लोगों को धोखेबाजों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा है कि केन्द्र ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की

आकाशवाणी व द्रदर्शन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी भाषा में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा

आज डिजीटल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार ने लोगों तक कई सुविधाएं ऑनलाईन पहंचाने का काम किया है और ये सुविधाएं विभिन्न ऐ पेके माध्यम से दी जा रही हैं समाज कल्याण की योजनाओं के तहत मार्च से ही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहचाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन सहायक नाम से एक नई ऐप शुरू करने जा रही है जिस कल से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा इस ऐप में पंजीकरण करके किसान अनाज को मंडी तक ले जाने की सुविधा आने जाने का पास लेने की सुविधा हासिल कर सकेंगे इसके अलावा इसी ऐप पर आर्थिक मदद एंब्लेंस पका हुआ भोजन मंगवाने बैंक जाने का समय निश्चित करने पोस्टल बैंक की मदद और विद्यार्थियों के लिए शिक्षण स्त्रोत जैसी सारी सुविधाएं मिल सकेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें कल से खलेंगी

हरियाणा में आज से रैन बसेरों में रह रहे प्रवासियों को उनके घरों तक पहंचाने का काम शुरू हो गया है

वहीं श्रमिकों ने उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होने से पहले आकाशवाणी को बताया कि पिछले एक माह से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हए प्रशासन द्वारा हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई गई जिसके लिए वे प्रशासन के आभारी हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि एक श्रमिक आगरा अलीगढ़ अमरोहा भगपत बुलंदशहर फिरोजाबाद और शामली आदि स्थानों के रहने वाले हैं

हरियाणा से राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग लेने गए बच्चों और उनके अभिभावकों को लेने गई हरियाणा रोडवेज की बसें उन्हें लेकर वापिस आ गई हैं

उन्होंने कहा कि कोटा के हॉट स्पॉट होने के कारण वहां से आए सभी विद्यार्थियों और उनके परिजनों के जांच के लिए नमूने लिए गए हैं

आज पंजाब हरियाणा और चण्डीगढ में भगवान परश्राम की जयंती ध्रम धाम से मनाई गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है जिला अंबाला में आज अनेक ब्राह्मण संगठनों द्वारा परशुराम जयंती का त्यौहार ध्रमधाम से मनाया गया ब्राह्मण सभा की जिला प्रधान नीलम शर्मा ने बताया कि लोगों ने तालाबंदी का पालन करते हुए अपने अपने घरो में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हवन यज्ञ किए व कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने की कामना की उन्होंने बताया कि भगवान परश्राम की जयंती प्रत्येक वर्ष अम्बाला में हवन यज्ञ करके मनाई जाती है